प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत कोविड टीकाकरण को लेकर चर्चा संभव कोविड महामारी की वजह से विस्थापित बच्चों की पहचान करने के बारे में दिशा निर्देश जारी और प्रदेश में कोरोना मामलों में आई गिरावट एक हज़ार से भी कम हुए सक्रिय मामले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

चुनावों के बाद मतगणना अभी जारी है और कुछ स्थानों पर परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं देर रात तक सभी नतीजे आने की संभावना है

उन्होंने निर्विरोध चुने गए सभी प्रतिनिधियों को बधाई दी है सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा का संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर तक सुद्रढ़ व संगठित है और कार्यकर्ता संगठन की मजबूती के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं

शहीद सोलन जिले में नालागढ़ क्षेत्र की जगतपुर पंचायत के शहीद कुलदीप सिंह का आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया वे द्रास में ऑपरेशन स्नो लैपर्ड के दौरान शहीद हो गए थे शहीद कुलदीप सिंह को उनकी दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी अंतिम संस्कार के दौरान नालागढ़ के विधायक लखविन्दर राणा मौजूद रहे शिक्षा दिशानिर्देश केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी की वजह से विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं

मंत्रालय के अनुसार महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा बीच में ही छोडने या दाखिला न ले पाने आदि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए

इसके लिए स्वयं सेवकों स्थानीय अध्यापकों और सामुदायिक भागीदारी की मदद ली जाएगी ये लोग घर घर जाकर इस तरह के बच्चों का पता लगाएंगे और उनको स्कूलों में दाखिल कराने के लिए कार्य योजना बनाएंगे दिशा निर्देशों में बच्चों के माता पिता और अभिभावकों में जागरूकता पैदा करने सहित बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने और बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है

वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग दो लाख तेईस हजार है

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में मृत्यु दर एक दशमलव चार चार प्रतिशत है जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है

लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को एसएमएस में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती मामले में प्रशासन पर कथित तौर पर धांधली का आरोप लगाया है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने आरोप लगाया कि योग्यता को दरकिनार कर भाजपा से जुड़े लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं उन्होंने कहा कि इन भर्तियों में आरक्षण रोस्टर के साथ भी छेड़छाड़ की गई है कार्यशाला सोलन में सफाई कर्मचारियों के लिए इन दिनों कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को उनके काम के प्रति जागरूक करना है नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक राजेश ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है

बोर्ड के संयुक्त सदस्य सचिव निशांत ठाकुर कार्यशाला का शुभारम्भ करेंगे

मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम इन दिनों साफ बना हुआ है ऐसे में जहां दिन के तापमान में हल्की वृद्धि हुई है वहीं अनेक स्थानों पर शीतलहर जारी है कई दूरदराज़ इलाकों में न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है

राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में भी आज मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है